इसके लिए शिविर लगाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे स्वायत्त शासन नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने ये जानकारी दी

श्री धारीवाल ने बताया कि स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा दक्षता संवर्धन के लिए शहरी विकास केन्द्र का गठन किया जाएगा

इसी प्रकार हैरिटेज सिटी जयप्र के लिए स्पेशल एरिया मास्टर प्लान के तहत हैरिटेज प्लान चारदीवारी संरक्षण और ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा श्री धारीवाल ने कहा कि जयपूर मैट्रो के दूसरे चरण में सीतापुरा से पानीपेच के बीच केन्द्र सरकार के सहयोग से मैट्रो चलाई जाएगी जिसकी डीपीआर बनाई जा रही है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कल स्वास्थ्य भवन में प्रदेश भर में जनता क्लीनिक खोलने के सम्बंध में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये प्रयोग यहां सफल होने के बाद राज्य के बड़े शहरों में भी इनको खोला जाएगा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि राज्य का कोई भी नागरिक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार संसद के वर्तमान सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती हैं पार्टी ने अपने राज्य सभा सांसदों से भी तीन पंक्ति का व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मूति ईरानी मंत्री समूह के सदस्य बनाए गए हैं

कार्यक्रम के पिछले कुछ संस्करणों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आयुष्मान भारत योजना से दस करोड़ से अधिक वंचित और गरीब परिवारों को फायदा होगा आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से अब तक तैंतीस लाख लोग लाभान्वित हुए हैं

कार्यकम में पुलिस परैड का निरीक्षण किया गया वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया

विभाग की निदेशक सीमा शर्मा ने इस बारे में निर्देश जारी किये है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विभाग के सभी अधिकारी अब औषधालयों के निरीक्षण के दौरान इनकी तस्वीरें खींचकर निदेशालय के पोर्टल पर डालेंगे तभी उनका निरीक्षण मान्य होगा उन्होंने बताया कि जिन औषधालयों में चिकित्सक और कम्पाउंडर या फिर दोनो ही पद खाली हो वहां के लिए निकटतम चिकित्सा संस्थान से सप्ताह में दो दिन कार्य व्यवस्था के लिए चिकित्सकों और कम्पाउन्डरों को लगाया जाएगा

कृषि भूमि का म्यूटेशन भरने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी पटवारी मण्डल कार्यालय में ब्यूरो की टीम को देख पटवारी ने रिश्वत राशि जमीन पर फेंक दी जहां से एसीबी ने बरामद की

पुलिस मामले की जांच कर रही है

न्यू पावर हाउस स्थित हौद के पम्प और हाइडेंट के वॉल्व भी जांचे गए हैं कई वॉल्व जो खराब थे उन्हें द्रुस्त किया गया है

गर्मी से तप रहे प्रदेश में कल शाम से अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है

जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है प्रशासन ने लोगों को आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलने को कहा है स्कूलों में भी आज का अवकाश घोषित किया गया है